पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सतर्क रहना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि साठ वर्ष से ऊपर उम्र के लोग अगले क्छ सप्ताह तक घर में रहने की विशेष सतर्कता बरतें

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे उन्होंने कहा कि रविवार को लोगों का यह प्रयास राष्ट्रीय हित में कार्य करने के संकल्प और संयम का प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उन लोगों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अन्रोध किया जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हिफाजत में लगे हैं

इससे पहले राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी प्रदेशवासियों से जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की अपील की थी

ये उपाय सभी मंडलों में लागू किये जा रहे हैं भारतीय रेलवे ने नागरिकों द्वारा गैर जरूरी यात्राएं न करने के लिए कदम उठाए हैं आज आधी रात से कल रात दस बजे तक यात्रा प्रारंभ करने वाली सभी यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं हैं

रेलवे ने लोगों से आग्रह किया है कि स्टेशनों पर पहुंचने से पहले परिचालन की स्थिति स्निश्चित कर लें इस बीच दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी कल बंद रहेंगी

कल उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के सम्बन्ध में बैठक की मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को लोगों से द्री बनाकर रखने के लिए जागरूक किया जाए

बैठक में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों को सैनेटाइज करना बेहद जरूरी है इसके लिए जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते हए लगातार सैनेटाईजेशन की रिपोर्ट लेते रहें

अल्मोड़ा में विधानसभा उपाध्यक्ष और जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने संयुक्त रूप से एक प्रेसवार्ता की उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस धीरे धीरे अनेक स्थानों पर फैल रहा है इसके लिए सामाजिक दूरी बनाये रखें उन्होंने कहा कि इस वायरस से सभी लोगो को डटकर म्काबला करने की जरूरत है जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है उन्होंने जनपदवासियों को भरोसा दिलाया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी बाजार में खाने पीने दवाइयां और सब्जियों आदि की कमी नहीं आने दी जायेगी

इसका उद्देश्य बाजार में धन की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि रिजर्व बैंक कोरोना वायरस से उपजे संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने के लिए कोई भी उपाय करने को तैयार है

प्रदेश के लोगों ने स्वैच्छिक बंद के लिए ख्द को तैयार कर लिया है हरिद्वार स्थित हरकीपैड़ी में गंगा आरती में आने वाले श्रद्वालूओं पर रोक लगाई गई है जिसका लोगों ने समर्थन किया है गंगा आरती के समय पूरी हरकी पैड़ी क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है श्रद्वाल्ओं को घाटों पर लगी टीवी स्क्रीन और सोशल मीडिया के जरिए गंगा आरती का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है कोरोना एडवायजरी भारतीय चिकित्सा अन्संधान परिषद ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि सांस संबंधी गंभीर रोगों दम फूलने ब्खार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले प्रत्येक रोगी की कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी जांच की जाएगी

परिषद ने ये दिशा निर्देश कोरोना के संदिग्ध मामलों में सभी लोगों को विश्वसनीय जांच स्विधा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए हैं मौसम राजधानी देहरादून के साथ ही मसूरी और विकासनगर में अगले क्छ घंटों में बारिश की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार इन स्थानों पर आंधी के साथ ही हल्की बारिश हो सकती है उधर टिहरी और बागेश्वर में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है